प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा पौष्टिक आहार और स्वस्थ बचपन नये भारत की है नींव कल मथुरा के वृन्दावन में अक्षय पात्र फाउन्डेशन द्वारा तीन अरबवीं भोजन थाली परोसे जाने के अवसर पर एक पट्टिका का किया अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पिछले बाईस महीनों में प्रदेश ने हर क्षेत्र में की है शानदार प्रगति प्रदेश के बारे में दुनिया भर के लोगों का बदला है नजरिया राज्य सरकार ने सहारनपुर और कुशीनगर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच के लिये विशेष जांच दल एसआईटी का किया गठन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तेल और गैस के मूल्य इस तरह से निर्धारित किये जाने की जरूरत है जिससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों का संतुलित संरक्षण हो सके कल ग्रेटर नोएडा में तेरहवें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक दो हजार उन्नीस का उदघाटन करते हए उन्होंने समाज की ऊर्जा जरूरतों से निपटने के लिए तेल और गैस के पारदर्शी और लचीले बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया

उन्होंने कहा कि सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और उसके डिजिटल उपयोग के बीच समावेश दिखने लगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है केन्द्रीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि भारत ने बिना भेदभाव के सभी को ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पौष्टिक आहार और स्वस्थ बचपन नये भारत की नींव है वे कल वृंदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा तीन अरबवीं भोजन थाली परोसे जाने के अवसर पर एक पट्टिका का अनावरण कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय पोषाहार मिशन मिशन इन्द्र धनुष और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के जरिये बच्चों के पोषाहार टीकाकरण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है बचपन के ईद गिर्द एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाने का प्रयास किया गया है

खान पान टीकाकरण और स्वच्छता मुझे खुशी है कि अक्षय पात्र से जुड़े आप सभी साथी इस सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी माताओं और बच्चों तक राष्ट्रीय पोषाहार मिशन पहुंचने से बड़ी संख्या में जीवन बचाये जा सकेंगे यदि देश का बचपन कमजोर रहेगा तो उसके विकास की गति धीमी हो जाएगी यदि जन्म से पहले और जन्म के फौरन बाद बच्चों के खाने पीने पर ध्यान दिया जाए और बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाया जाए तो भविष्य में स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां कम होंगी हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर तीन अरबवीं थाली भी परोसी मध्याहन भोजन योजना को विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में छह से चौदह वर्ष की आय के बच्चों के नामांकन और उपस्थिति को बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्स में सुधार लाना है अक्षय पात्र फाउंडेशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ बच्चों को पोषक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करा रहा है

केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय में दायर उसकी समीक्षा याचिका के नामंजूर किये जाने की स्थिति में अध्यादेश लाएगी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल लोकसभा में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय द्वारा इस बारे में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज किये जाने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया श्री जावड़ेकर ने कहा मोदी सरकार आरक्षण के पूरे पक्ष में है सामाजिक न्याय देगी और इसलिए उच्चतम न्यायालय में जो इलाहाबाद में निर्णय दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अफेंड किया वो हमें मंजूर नहीं है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले बाईस महीनों में प्रदेश ने हर क्षेत्र में शानदार प्रगति की है और उत्तर प्रदेश के बारे में दुनिया भर में लोगों का नजरिया बदला है राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का समापन करते हुए कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सौभाग्य योजना सूह्म एवं लघ् उद्योगों की स्थापना गेहूं गन्ना और दूध तथा दुध पदार्थो का उत्पादन कौशल विकास तथा कृषि से जुड़ी योजनाओं का पैसा सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने के मामले में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा ई टेन्डर से ठेके दिये जाने का रिकार्ड कायम हुआ है मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान समूचा विपक्ष सदन से बाहर रहा मुख्यमंत्री ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश की उपलबियों को विपक्षी दल हजम नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में उनका सदन से बाहर रहना ही बेहतर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जहरीली शराब कांड के आरोपियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करने के लिये कृत संकल्प है और पूरे मामले की तह तक जाकर यह पता लगाया जायेगा कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिमाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समापन करते हुए अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने सहारनपुर और क्शीनगर में हुई जहरीली शराब से हुई मौतों पर गहरा दुःख व्यक्त किया और कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो उन्होंने कहा कि पहले भी प्रदेश में जहरीली शराब से मौते हुई है और कई मामलों में जांच के बाद राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले अपराधियों का नाम सामने आया है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगी इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर और कुशीनगर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने के आदेश दिये थे विशेष जांच दल पूरे मामले की छानबीन करके दस दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से पांच सदस्यों वाले विशेष जांच दल में अपर महानिदेशक रेलवे संजय सिंघल गोरखपुर मंडल के आयुक्त अमित गुप्ता गोरखपुर रेज के पुलिस महानिरीक्षक जय नारायण सिंह सहारनपुर मंडल के आयुक्त चंद प्रकाश त्रिपाठी और सहारनपुर रेज के पुलिस महानिरीक्षक शरद प्रशांत शामिल हैं विशेष जांच दल शराब कांड में मारे गये लोगों के परिजनों से मुलाकात करके घटना के कारणों का पता लगायेगा इसके साथ ही दल इस बात की भी जांच करेगा कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी इस बीच अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त अभियान में अब तक करीब तीन हजार से अधिक लोग गिरफ्तार किये गये हैं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कांग्रेस की नवनिर्वाचित महासचिव प्रियंका गांधी वाह्रा पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव ज्योतरादित्य सिंधिया के साथ कल लखनऊ पहुंची उन्होंने लखनऊ हवाई अड्डे से पार्टी मुख्यालय तक एक रोड शो किया कांप्रेस मुख्यालय पर लोगों को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम करती है जबकि भाजपा लोगों को बांटने का काम करती है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बदलने के लिये कांग्रेस मजबूती के साथ अकेले दम पर लड़ेगी

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मानवता के प्रति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदेश हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे